प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है और गरीब लोगों के लिये काम करना उसका मिशन है नई दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी के नये भवन के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सम रसता और एकता डॉक्टर अम्बेदकर के आदर्शों का सार हैं उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां डॉक्टर अम्बेदकर के नाम पर राजनीति करना चाहती हैं लेकिन सरकार डॉक्टर अम्बेदकर की परिकल्पना के अनुरूप आगे बढ़ रही है देश में मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने और उनके बेहतर संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक दो हजार अठारह को स्वीकृति दे दी है इस विधेयक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मानवाधिकार आयोग के समकक्ष समझने का प्रस्ताव है मानवाधिकार आयोग में एक महिला सदस्य शामिल करने का भी प्रस्ताव है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सरकारी कार्यालयों में सामग्री की त्वरित और पारदर्शी तरीके से खरीददारी के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल की शुरूआत की उन्होंने पटना के मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में सरकारी खरीद के लिए जेम पोर्टल और डिजिटल वित्तीय लेन देन के लिए समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत करते हुये कहा कि पहले चरण में जेम के जरिए सचिवालय से जुड़े कार्यालय पचास हजार रुपये मूल्य तक की सामग्री की खरीददारी त्वरित और पारदर्शी तरीके से करेंगे श्री मोदी ने कहा कि सीएफएमएस के माध्यम से वित्तीय लेन देन में परदर्शिता आयेगी और लाभुकों को तुरन्त भुगतान के साथ समय की भी बचत होगी चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समापन के मौके पर चलाये जा रहे सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान को लेकर राज्यभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान प्रभातफेरी निकाल कर लोगों को खुले में शौच से मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम को लेकर स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता खेल कूद प्रतियोगिता समेत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पंचायत और वार्ड स्तर पर भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जन जागरूकता अभियान में जुटे हुये हैं उधर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित मोतिहारी यात्रा के मद्देनजर तैयारियां अंतिम चरण में है मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर चम्पारण से जुड़ी नेपाल की सीमा पर सुरक्षा बलों और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तेईस दिनों का वेतन और भत्ता न लेने का फैसला किया है संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने नई दिल्ली में यह घोषणा की उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रोके जाने और कांग्रेस तथा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के विरोध में यह फैसला लिया गया है श्री कुमार ने कहा कि इन दलों ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित होने से रोका है जिससे कर दाताओं के धन का दुरूपयोग हुआ है उन्होंने समय की बर्बादी को अपराध बताया प्रवर्तन निदेशालय ने धान के बदले सरकार को चावल लौटाने में हुए घोटाले के मामले में नालंदा के पावापूरी राईस मिल की चार करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है ईडी के सूत्रों ने बताया कि वर्ष दो हजार तेरह में गिरियक थाना में पावापुरी राईस मिल के खिलाफ धान के बदले चावल नहीं लौटाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जांच के बाद ईडी ने कई प्लॉटों के साथ पावापुरी राईस मिल का करीब दो करोड़ रुपये का भवन तथा बैंकों में जमा दो लाख रुपये भी जब्त कर लिये इस मामले में अभी भी अनुसंधान जारी है केंद्र सरकार ने आरा मोहनिया सड़क के प्रनर्निर्माण और जीर्णोद्धार को मंजूरी प्रदान कर दी है पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य की सड़क परियोजनाओं को लेकर विचार विमर्श किया

भागलपुर नगर निगम आयुक्त श्याम बिहारी मीणा पर असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर एक वार्ड पार्षद के पति ने हमला कर दिया इसमें उन्हें चोट भी आयी हैं इस दौरान कार्यालय में तोड़फोड़ भी की गई और फाइलों को फेंक दिया गया बताया जाता है कि पार्षद पति शराब के नशे में था घटना के विरोध करते हुये नगर निगम के कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वा हवा के कारण राजधानी सहित राज्यभर में आज तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होगी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ओडिशा क्षेत्र में बने साईक्लोनिक सिस्टम से मौसम में ये बदलाव आया है आशंका है कि आगामी दस अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा इधर सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि है कि देर रात बारिश हुयी है और ओले गिरे हैं जिससे आम लीची और रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है मौसम में बड़े बदलाव के मद्देनजर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों से अपील की है कि समय रहते तैयार फसलों को काट लें और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें शेखपुरा जिले में स्वास्थ्य विभाग की महत्वाकांक्षी योजना प्रेरणा की शुरूआत की गयी इस योजना के तहत प्रजनन दर में कमी करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा इसके साथ ही सुरक्षित मातृत्व और परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर बल दिया जायेगा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के जरिए तिरासी हजार करोड़ रूपये बचाने में कामयाब रही है उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण के कई लाभ हैं जिनसे हमारा समाज प्रगतिशील और असरदार बना है बेगूसराय में खेले गये अंतर जिला हेमन ट्रॉफी ए डिवीजन क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेगूसराय को पटना के खिलाफ विजेता घोषित किया गया है एक अन्य मैच में दरभंगा ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर मधुबनी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी को भारतीय बैडमिंटन संघ का उपाध्यक्ष चूना गया है तीसरी बिहार राज्य स्पीड बॉल चैंपियनशिप आज से आरा में शुरू हो रही है इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर अठाईस से तीस अप्रैल तक पटना में होने वाले नेशनल फेडेरेशन कप के लिये बिहार टीम का चयन किया जायेगा है भागलपुर जिले के नाथनगर उपद्रव मामले में फरार चल रहे दो नामजद आरोपी संजय भट्ट और प्रवीण साह ने कल एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एकेश्रीवास्तव के आदेश पर दोनों को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है राज्य में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होने पर दोषी पदाधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को अधिक काम का अवसर उपलब्ध कराने के लिये जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से भी कामों का आवंटन किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को अपना शीर्षक बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अम्बेदकर के नाम पर सियासत न करें दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है इस साल सूखे का डर नहीं मानसून में सौ फीसदी बारिश का अनुमान दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रत्याशी को एक सीट से ही चुनाव लड़ने की हो इजाजत प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को अपनी प्रमुख खबर बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो विद्यार्थी लोन लौटाने में सक्षम नहीं उनका माफ हो सकता है लोन